कोविड प्रबंधन पर कल दस पडोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है पडोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है उन्होंने महामारी के पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज धर्मशाला में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की तीन दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे इससे पहले केंद्रीय वित राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र कार्यसमिति की बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भर भारत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस दौरान पार्टी की तरफ से राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किन्नौर जिले के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन आज कल्पा पहॅचेगे कल्पा के एसडीएम मेजर अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि यहां राज्यपाल का देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी से मिलने का भी कार्यक्रम है राज्यपाल कल प्रॅह उपमण्डल के शिपकिला का दौरा करेंगे और सेना के जवानो से भी मिलेंगे मंदिर शिमला जिला में अब श्रद्वालुओं को मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों में दर्शन व पूजा करने की अनुमति रहेगी उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस संबंध मे आदेश जारी कर दिए हैं उन्होंने कहा कि विवाह और मुंडन समारोह भी धार्मिक परिसरों में किए जा सकेंगे आदेशों के अनुसार श्रद्वालु दर्शनों के लिए विभिन्न मंदिरों व धार्मिक स्थलों के गर्भ गृह में भी जा सकेंगे मंदिरों में सूखा या पैकेट बंद प्रसाद मंदिर परिसर के अंदर ही मान्य होगा